मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा तबलीगी जमात से लौटे लोगों पर जानकारी छुपाने पर होगी कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को कर्फ्यू के दौरान होम डिलीवरी सिस्टम अपनाने के दिए निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे अंधकार से निकलते हुए हमें निरंतर प्रकाश और आशा की ओर बढ़ना है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश की जनता से इस मुहिम में जुड़ने का आहवान किया है

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश में लाइट आउट इवेंट के दौरान वोल्टेज में बढोतरी और मांग में कमी की संभावना से निपटने के दृष्टिगत ग्रिड सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बद्दी के चारों मरीज पहले ही दिल्ली के वेदांता अस्पताल में शिफ्ट हो चुके हैं ये चारों पीजीआई में कोरोना से दम तोड़ने वाली महिला के संपर्क में आए थे नालागढ़ से आए तीनों मरीजों को आज सुबह शिमला के आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया जहां आइसोलेशन वॉर्ड में इनका आगामी उपचार होगा

सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामग्री की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते लागू कर्फ्यू के दौरान राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे इसके लिए लोगों को राहत उपलब्ध करवाई जा रही है वे आज पालमपुर उपमण्डल में प्रशासन की ओर से प्रवासी लोगों को राशन सामग्री के वितरण के प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे

सीएम दिल्ली के निजामुदीन तबलीगी जमात में शामिल होने की जानकारी छुपाने पर हिमाचल लौटे जमातियों के खिलाफ अब सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी

उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि अब तक तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों की ओर से सरकार और प्रशासन को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाना है और इसके तहत सभी उचित कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों को आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी सिस्टम अपनाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि स्वयंसेवियों और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं गांव में उपलब्ध करवाई जाएं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की द्कानों पर अनावश्यक भीड़ जमा न हो मुख्यमंत्री ने राज्य औषधि नियंत्रक व औषधि निरीक्षकों को जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को दवाईयां निकटतम दवा की दुकान पर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे इसके लिए ज़रूरतमंद व्यक्ति को दवा की कीमत और दवा पहुंचाने का शुल्क खुद वहन करना होगा

उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है उन्होंने कहा कि ज़िले में अनेक धार्मिक स्थलों के अलावा कई सरकारी इमारतों में अस्थाई क्वारंटाइन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां लोगों को भोजन और रहन सहन की व्यवस्था के अलावा योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है

बिंदल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में कर्फ्यू से पैदा हुई स्थिति से निपटने में सरकार और संगठन बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग पर संवाद के बाद उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल के चलते आज हिमाचल में कर्फ्यू में आम जनता का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और जन समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हैं बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने स्थापना दिवस के मौके पर कोरोना से निपटने को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगी सुक्खू हमीरपुर मैडिकल कॉलेज में जल्द ही कोरोना समेत सभी वायरस के टैस्ट हो सकेंगे

उन्होंने कॉलेज प्रशासन से एक महीने के भीतर टैस्ट मशीन स्थापित करने का अनुरोध किया ताकि कोरोना संदिग्ध मामलों की पुष्टि हमीरपुर में हो सके राशन मंडी ज़िला मण्डी में कर्फ्यू के मद्देनज़र अंत्योदय अन्न योजना बीपीएल और अन्य प्राथमिक गृहस्थियों के अंतर्गत आने वाले राशन कार्ड धारकों को अप्रैल माह में दो माह का आटा और चावल प्रदान किया जाएगा उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इससे ज़िले की करीब सवा चार लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी